एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में मनरेगा के तहत एक साल में अब सौ की बजाय दो सौ दिन का काम मिलेगा

भारतीय उदयोग परिसंघ फिक्की के एक कार्यक्रम को वर्च्यअल माध्यम से संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस टीके के वितरण के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं

इसके अन्तर्गत कोविड योद्वाओं के आश्रितों को शामिल किया गया है इनके लिए पांच सीटें आरक्षित की गई हैं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसका उद्देश्य कोरोना के रोगियों के उपचार में लगे कोविड योद्वाओं के योगदान को सम्मानित करना है

देश में मृत्यु दर एक दशमलव चार सात प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है प्रदेश में भी अब तक पौने दो लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं

कलेक्टर राकेश सिंह ने आम लोंगो से सतत सावधानी बरतने की अपील की है उधर राजगढ़ जिले के ब्यावरा में संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के घरों को कंटेन्मेंट एरिया घोषित किया जा रहा है जन आंदोलन बाल कलाकार शौर्या जैन ने कोरोना की रोकथाम के लिये प्रधानमंत्री के अभियान का समर्थन करते हुए लोगों से दो गज की दूरी का पालन करने समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है

नगर निगम आयुक्त वीएस चौधरी कोलसानी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा कैबिनेट के अन्य सदस्यों के लिए अभ्यारण्य के समीप दो हेलिपेड ॅतैयार किये जा रहे हैं कलेक्टर अवधेश शर्मा व पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने गौ अभ्यारण्य का अवलोकन कर की जा रही तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये उधर टीकमगढ में दयोदय पशु सेवा केन्द्र गौशाला का विस्तार किया जाएगा

इसका उद्वेश्य इन क्षेत्रों का समुचित विकास करना और यहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कही

बैगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी

कार्यशाला को प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने संबोधित किया केन्द्रीय मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते भी इस अवसर पर मौजूद थे कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रशिक्षण जीवन का अभिन्न अंग और सतत चलने वाली प्रक्रिया है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएगे टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल अभियान पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई प्रथम महिला बाइकिंग अभियान टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल को आज रवाना किया

इस अवसर पर सुश्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों की सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध हैं उनकी सुरक्षा के लिये जितने प्रयास मंध्यप्रदेश में किये गए हैं शायद अन्य राज्य उतने आयामों पर विचार भी नहीं कर पाते छठ पूजा प्रदेश भर में छठ पर्व श्रद्धा और उत्साह से मनाया जा रहा है पर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजा की गई इस दौरान व्रती श्रद्वालुओं ने सूर्य देवता की आराधना कर उन्हें खीर पूरी और फल अर्पित किये

जबलपुर और सतना में कोरोना महामारी के चलते लोगों को घाटों एवं तालाबों की जगह घरों पर ही रहने की समझाइश दी गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गए भोपाल में प्रियदर्शनी पार्क और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज श्रद्वांजलि सभाओं का आयोजन हुआ अशोकनगर के इंदिरा पार्क में भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए वहीं छिंदवाडा के कांग्रेस भवन मे आयोजित एक कार्यक्रम मे समस्त कांग्रेसजनों ने इंदिराजी के चित्र पर प्रष्यांजलि अर्पित की जबलपुर और होशंगाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किये गए

छतरपुर जिले के बेहटा ग्राम के पास महिलाओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई जिससे करीब एक दर्जन महिलाएं घायल हो गई सतना में बाइक चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है